राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय कर नया संसद टीवी बनाया गया मौसम विभाग ने आगामी गर्भियों के मौसम के लिए औसत तापमान दृष्टिकोण जारी किया पश्चिमी राजस्थान में अधिकतम तापमान औसत से ज्यादा रहने का पूर्वानुमान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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

आज जयपुर में भाजपा की प्रदेश कार्यसिमिति की बैठक को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्षो से केवल किसान पर राजनीति हुई है किसानों का भला करने का काम केवल नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है सरकार द्वारा कृषि सुधार के लिए लाये गये कानून देश के किसानों की तकदीर बदलेंगे श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि वे बातचीत को तैयार हैं

राज्य सरकार पर प्रहार करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि क्राइम ओर करप्शन में राजस्थान नम्बर वन बन चुका हैं उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में भी राजस्थान पूरे देश मे अव्वल है बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश प्रनिया नें कहा कि राज्य सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी हैं और आने वाले चुनाव में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चेद कटारिया समेत प्रदेश भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे इससे पहले श्री नड्डा का एयरपोर्ट से बिडला ऑडिटोरियम तक भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई जगह स्वागत किया

इस चरण में लाखों लाभार्थियों ने कोविड का टीका लगाने के लिए अपना पंजीकरण कराया है

जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपने अनुभव साझा कर सकते हैं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

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि हालांकि प्रदेश के मतदाताओ ने सर्वाधिक मतदाता पहचान पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर देश भर में पहले पायदान पर जगह बनाई है लेकिन अभी शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है

आज फेसबुक लाइव के जरिये जनता से रूबरू होते हुए श्री जैन ने बताया कि वाहनों में महिला सुरक्षा के लिए जल्द पैनिक बटन लगाये जायेंगे उन्होंने अपील की कि सड़क द्र्घटना में घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचायें अब सरकार ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहन राशि भी देगी श्री जैन ने बताया कि राज्य सरकार ने एमनेस्टी योजना में बकाया करो पर ब्याज और पेनल्टी में शत प्रतिशत छूट दी है

राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि औद्योगिक संगठनों को नये स्टार्टअप शुरू करने की चाह रखने वाले युवाओं का सहयोग कर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने और रोजगार सुजन के लिए इस तरह के प्रयास जरूरी हैं आज राजस्थान उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित राजस्थान बिजनेस कॉन्क्लेव को राजभवन से ऑनलाइन सम्बोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि तकनीकी प्रबंध और उच्च शिक्षा में अध्ययनरत युवाओं का उनकी योग्यता के अनुरूप कौशल विकास करने में भी औद्योगिक संगठन अपनी भूमिका निभाएं

भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारी रवि कपूर को संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है संसद टीवी लोक सभा और राज्य सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण दो अलग अलग चैनलों पर प्रसारित करेगा

मौसम विभाग ने आने वाले सप्ताह में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई है इस बीच विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी गर्मियों के दौरान इस बार तापमान औसत से ज्यादा रहने की संभावना है